नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और पूरी दुनिया आज भारत को सम्मान की नजर से देखती है उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पर पहुंच कर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है और इसका श्रेय भाजपा के मेहनतकश कार्यकर्त्ताओं को जाता है जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों को छोड़ कर भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल भले ही एक छोटा सा राज्य है लेकिन जिम्मेदारी के लिहाज से ये बहुत बड़ा हो गया है उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बागडोर मिलना गौरव की बात है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त अभियान को और प्रभावी बनाने पर बल दिया है कल शाम कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक संध्या के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए समी लोगों को आगे आना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना जरूरी है और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को सम्मानित किया गया मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज रात भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यंमत्री जयराम ठाकुर ने विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की प्रजातियों के संरक्षण पर बल दिया है कल शाम शिमला में वन्य जीव सप्ताह के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही मनुष्य का वन्य जीवों व पशुओं के साथ गहरा नाता रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य की बेहतरी के लिए वन्य प्राणी जगत को सुरक्षित रखना आज समय की मांग है उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार ने आज अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया डाक दिवस आज विश्व डाक दिवस है

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है

हिमाचल की मुख्य महा डाकपाल समिता कुमार ने बताया कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे